उनके साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रायत भी रहेंगे सरकारी सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राजनाथ सिंह सियाचिन में सैनिकों और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्व क्षेत्र में तैनाती के दौरान सैनिकों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे सियाचिन का आधार शिविर करीब बारह हजार फीट की ऊंचाई पर है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी तेईस हजार फीट है सर्दियों में यहां तापमान जमाव बिन्दु से सत्तर डिग्री नीचे पहुंच जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो हजार चौदह में पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद सियाचिन का दौरा किया था केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का दौरा किया और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले चौंतीस हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को भावमीनी श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि भारत अपने पुलिसकर्मियों के इस महान बलिदान की वजह से ही सुरक्षित है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में बड़े बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया है उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता करनी चाहिए जो उसकी उमरती आवश्यकताओं के अनुरूप हों उपराष्ट्रपति ने आज विशाखापटनम में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच संवाद संबंधी दो दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही सरकार ने दिल का दौरा पड़ने के बाद रोगियों की तत्काल देखभाल के लिए कुशल प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सम्मेलन में यह बात सामने आई है कि देश में छः करोड़ लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं इनमें से तीस लाख से अधिक अत्यंत गंभीर किस्म के हृदय रोग की आशंका वाले मरीज हैं रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसे रोगियों का इलाज दौरा पड़ने के नब्बे मिनट के भीतर होना जरूरी है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 इस ऐप को इक्कीस जून अंतर राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जारी किया गया है आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह योग लोकेटर एप मानचित्र आधारित स्थान का पता लगाने वाला अनूठा ऐप है देश में इस वर्ष मई में वस्तु और सेवाकर जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया पिछले वर्ष के मई माह की तुलना में इस बार राजस्व संग्रह में छह दशमलव छह सात प्रतिशत की वृद्वि हुई है मई में जीएसटी संग्रह कुल एक लाख दो सौ नवासी करोड़ रुपये का रहा जबकि पिछले वर्ष मई में जीएसटी संग्रह चौरानबे हजार करोड़ रुपये था वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस वर्ष फरवरी मार्च में जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों को अट्ठारह हजार नौ सौ चौंतीस करोड़ रुपये जारी किये गए राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश दो हज़ार उन्नीस को प्रख्यापित कर दिया है इस अध्यादेश के माध्यम से अमेठी जिले के महाविद्यालयों को अयोध्या स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्द कर दिया गया है पहले अमेठी के सभी डिग्री कॉलेज छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के क्षेत्राधिकार में आते थे सरकार ने यह फैसला अमेठी से कानपुर की दूरी अधिक होने की वजह से लिया है काशी विश्वनाथ कॉरीडोर का निर्माण कार्य अगले एक माह के अन्दर शुरू हो जायेगा

उन मंदिरों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है और सभी मंदिर इस समय उपलब्ध है श्रद्धाल्ओं के दर्शन प्रजन के लिये और इसके अलावा अब हमारे पास निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का कार्य है

प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी और लू का प्रकोप जारी है पिछले छत्तीस घंटे के दौरान बुन्देलखंड का बांदा जिला सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा जहां सैंतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया वहीं झांसी का तापमान छियालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विमाग ने अगले चौबीस घंटों में प्रदेश के पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर बारिश और धूलमरी आंधी का अनुमान व्यक्त किया है